प्रयागराज में चल रहे कृंभ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्वाल् आज अंतिम स्नान कर रहे है

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उस अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है जिसमें मोबाइल सिम कार्डस लेने और बैंक खाता खोलने के लिये पहचान के तौर पर आधार पर स्वैच्छिक उपयोग की अन्मति दी गई है लोकसभा दवारा इस सम्बधी विधेयक पारित कर दिये जाने तथा राज्यसभा में इसे मंजूरी ने मिल पाने के चलते ये अध्यादेश लाना जरूरी हो गया था अध्यादेश देश में आधार अधिनियम में सम्बधित बदलावों को प्रभावी बनाया गया है संशोध्न में स्पष्ट किया गया है कि आधार उपलब्ध न कराने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की सेवा प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जा सकता महाशिवरात्रि का त्यौहरा आज पूरे देश में पूरी धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान शिव के भक्तों के लिये महाशिवरात्रि सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है आज के दिन हज़ारों की संख्या में श्रदवालु विभिन्न तीर्थ स्थानों पर ड्बकी लगाते है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाशिवरात्रि की देशवासियों को बधाई दी है प्रयाग राज के संगम में चल रहे कृंभ मेले में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम स्नान हो रहा है लाखों की संख्या में श्रद्वाल् सुबह तड़के से ही संगम में पवित्र स्नान कर रहे है मेले में तैनात डीआईजी सिटी कविन्द्र प्रताप ने बताया कि आज साठ लाख से अधिक लोगों के संगम में स्नान करने की उम्मीद है

हरियाणा के सभी स्थानों पर महशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है भिवानी में श्रद्वाल्ओं ने प्रदेश के स्ख समृदवि व आपसी भाईचारे के लिये मंदिर में जलाभिषेक किया छोटी काशी नाम से प्रसिदव भिवानी शहर में भक्तों ने सेना और सैनिकों की सलामती के लिये व्रत रखा

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देववत ने गुरूकल महाविदयालय झज्जर के वार्षिक उत्सव में कहा कि महाशिवरात्रि का दिन हम सबके लिये स्मरण ज्ञान अर्जन व प्ररेणा का दिन है स्वामी दयानंद की शिक्षाओं व आर्य समाज के उददेश्य के अध्रे कार्यो को प्रा करने की इस दिन से प्ररेणा लेनी चाहिए उन्होंने कहा कि समजा का मूल उददेश्य भारत के प्राचीन गौरव का स्थापित करना वेद की पताका लहराना व जाति पाति को समाप्त कर समाज में समरसता लाना है यमुनानगर जिले में महाशिवरात्रि का पर्व श्रदवा व उल्लास से मनाया जा रहा है मंदिरों के आसपास पुलिस व प्रशासन ने सुरक्षा के पुखता व्यवस्था की है स्बह चार बजे से ही श्री कालेश्वर महादेव मठ कलेसर केदारनाथ प्राचीन मंदिर श्री आदि ब्रदी श्री पलालेश्वर महादेव सिद्व पीठ मंदिर ब्डिया दयालग तथा अन्य मंदिरों में श्रदवाल्ओ ने पूजा अर्चना की पंचकूला जिले में शिवरात्रि के पावन अवसर पर ऐतिहासिक सकेतडी स्थित शिव मंदिर में आज लाखों श्रद्वाल्ओं ने पूजा अर्चना की सकेतड़ी के प्जारी कश्मीर लाल ने बताया कि पाड़वों के समय से पहले पहाड़ को खोद कर इस शिव मंदिर का पता चला था हरियाणा के संयुक्त निर्वाचन अधिककारी डॉ इंद्रजीत ने कहा है कि लोकसभा के च्नाव की घोषणा भारत निवार्चन आयोग दवारा निकट भविष्य में कभी भी संभावित है और इच्छुक उम्मीदवार का नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र लगाना होता है

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिना आप्रेशन के किडनी से पत्थरी निकालने की साढ़े तीन करोड़ रूपये की कीमत की आधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन फ्रांस से मंगाई गई है इससे खर्चा भी कम होगा और मरीज़ के स्वास्थ्य पर विपरीत असर भी पड़ेगा

सोनीपत जिले में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना के श्भारंभ समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो च्की है सोनीपत के केनद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह मुख्य अतिथि होंगे

योजना का उददेश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को साठ वर्ष की आयु पूरी होने पर तीन हजार रूपये मासिक पेंशन की आर्थिक मदद देना है झज्जर विभाग झज्जर जिले में श्रमयोगी मान धन योजना के कल शुरू किये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सम्बोधन का सीधा प्रसारण देखने के लिये बड़ी स्क्रीन लगाई जानी है सहायक श्रम आयुक्त हरीश शर्मा ने बताया कि योजना के तहत झज्जर जिले के साढ़े सात हजार का लक्ष्य मिला था और विभागीय प्रयासों से निर्धारित संख्या से अधिक दस हजार का पंजीकरण किया जा च्का है उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत ऐसे लोग जिसकी आय पन्द्रह हजार रूपये से कम हो इस योजना का लाभ उठा सकते है

इसके अलावा दो अन्य सदस्यों को अलग से नामित कर कमेटी में लिया जायेगा पानीपत ग्रामीण के विधायक माहिपाल ांडा को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का चेयरपर्सन तथा भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद को उपाध्यक्ष बनाया गया है उपाध्यक्ष श्री सुभाष चंद ने बताया कि यह टास्क् फोर्स स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के साथ साथ गैर सरकारी संगठन एवं धार्मिक संगठनों को लेकर स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का काम करेगी आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पानीपत में प्रदेश स्तरीय पिंक मैरेथान दौड़ का आयोजन होगा

प्रदेश अध्यक्ष ने जींद में कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सरकार में पारदर्शिता व ईमानदारी की बात करते है दुसरी तरफ ईमानदार अधिकारियों को हाशिये पर रखने का काम कर रहे है भिवानी जिले के लालों ने मुक्केबाज़ी में इतना नाम कमाया है कि आज इसे मिनी क्यूबा कहा जाने लगा है अब गांव काल्वास से मंजीत पंधाल मेहनत कर रहा है और हाल ही में ईरान में आयोजित मॅकरॉन कपर में कांस्य पदक जीता है